भर्ती स्पष्ट राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी नौकरियों और नई भर्तियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष दो हजार चौदह से रिक्त पदों की नियुक्ति के संबंध में हर वर्ष नियमित रूप से जारी निर्देशों को आगामी एक वर्ष तक और प्रभावशील किया जाएगा साथ ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाले सीधी भर्ती के पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी ठाकुर बलराम सिंह निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह का आज निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष के थे पिछले कुछ समय से अवस्थ होने के कारण बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती थे जहां उन्होंने अंतिम सांस ली गौरतलब है कि श्री ठाकुर कांग्रेस से जुड़े हुए थे और तखतपुर विधानसभा से दो बार विधायक रहने के साथ ही बिलासपुर नगर निगम से भी दो बार महापौर रह चुके थे वे रतनपुर महामाया मंदिर के अध्यक्ष भी रहे उनकी पुत्रवधु रश्मि सिंह तखतपुर से विधायक है श्री ठाकुर अंतिम यात्रा तिलक नगर चाटापारा स्थित उनके निवास स्थान से आज दोपहर निकाली गई और उनका सरकंडा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया जहां काफी संख्या में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता और आम नागरिक उपस्थित थे राज्यपाल आंनदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बलराम सिंह ठाक्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक सन्देश में शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना व्यक्त की है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री ठाकुर के निधन को छत्तीसगढ़ के लिये अप्रणीय क्षति बताया है रविन्द्र चौबे स्वास्थ्य चुनाव प्रचार के सिलसिले में उत्तरप्रदेश के दौरे पर गए प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत में अब तेजी से सुधार हो रहा है लखनऊ के पीजीआई अस्पताल से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि श्री चौबे की डायलिसिस मशीन हटा ली गई है और वे अब सामान्य तरीके से खाना खा रहे हैं उनके अनेक समर्थक उन्हें देखने अस्पताल पहुंच रहे हैं जहां वे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीती रात उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू वन मंत्री मोहम्मद अकबर पूर्व मंत्री बृहमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर भी लखनऊ पहुंचे जहां उन्होंने श्री चौबे से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गौरतलब है कि श्री चौबे को बीती सत्ताईस अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें एंबुलेंस के जरिये पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया था ईओडब्ल्यू शिकायत पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह और तत्कालीन कृषि संचालक प्रताप कृदत्त के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू से शिकायत की गई है ईओडब्ल्यू के आईजी ने इस शिकायत की जांच के लिये राज्य शासन से अनुमति मांगी है मिली जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ निवासी रमाशंकर गुप्ता ने ईओडब्ल्यू में लिखित शिकायत कर कहा है कि तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त अजय सिंह और कृषि संचालक प्रताप कृदत्त को खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की जाए शिकायतकर्ता ने दोनों अधिकारियों पर फसल बीमा मामले में निजी बीमा कंपनियों से मिलीभगत कर राजकोष और निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत के साथ ही किसानों की सहमति के बिना बीमा प्रीमियम आहरित करने का भी आरोप लगाया है

मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान के लिए निकले हुए थे इसी दौरान अरनपुर के जंगलों से इस महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार महिला माओवादी पर मैलावाड़ा और चोलनार विस्फोट जैसे कई माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है मौसम प्रदेश में आज भी राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान बढ़ा रहा तापमान बढ़ने के कारण जन जीवन प्रभावित हो रहा है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान है आज सर्वाधिक तापमान चावालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया जांजगीर चांपा जिले में तेज गर्मी के कारण लोग परेशान है और दिन के समय बाजारों मे लोगों की आवाजाही कम हो गई है

वहीं प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है दुर्घटना प्रदेश में हुए अलग अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई वहीं तेरह अन्य लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले में पांच लोगों की मौत हो गई अकलतरा में इंदिरा उद्यान के पास दो मोटर साइकिलों की आपसी भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए अकलतरा में ही ओव्हरबिज के पास ट्रक की चपेट में आने साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई इससे पहले जिले के जैजेपुर के ग्राम केरा में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है इधर बलरामपुर जिले के राजपुर में ककना गांव के पास आज सुबह यात्री बस खड़ी ट्रक से टकरा गई इस हादसे में दस से अधिक यात्री घायल हो गए घायलों को अंबिकापुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं दुर्ग जिले के पावर हाउस बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर मोटर साइकिल चला रहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पीछे बैठी एक अन्य महिला घायल हो गई

इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने कहा कि विभागीय जानकारी उपलब्ध कराने में सूचना का अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका है इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहती है उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकारी को तीन दिनों के भीतर लोकहित में जानकारी देना जरूर होता है ऐसा नहीं करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है राज्य सूचना आयोग की ओर से अब तक छह हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे बीएड एमएड भर्ती द्विवर्षीय बीएड विभागीय एमएड विभागीय एवं सीधी भर्ती में प्रवेश के लिए आगामी शिक्षा सत्र के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन एससीईआरटी की वेबसाइट में आगामी छह से पच्चीस मई तक कर सकते हैं सम्बंधित शिक्षा महाविद्यालय में आवेदन एनओसी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि इकतीस मई निर्धारित की गई है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में एम एड विभागीय में प्रवेश चयन परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा एम एड सीधी भर्ती में प्रवेश बी एड के प्राप्तांक के आधार पर मिलेगा चयन परीक्षा दोनों शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में चौबीस जून को आयोजित की जाएगी